प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रयेश करायेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीघी सिंगरौली और ग्वालियर के हितग्राहियों से बात करेंगे

मुख्यमंत्री ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि ये अपने नए आवासों में उत्सव पूर्वक प्रवेश करें

गुना जिला कलेक्टर ने इस प्रवेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी ग्रामवासियों से अपील की है

कांग्रेस के चुनाव प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक ने आज यह सूची सूची के अनुसार हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पराजित रहे फूलसिंह बरैया को दतिया जिले की भांडेर सीट से टिकट दिया गया है दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर अम्बाह से सत्यप्रकाश गोहद से मेवाराम जाटव ग्वालियर से सुनील शर्मा डबरा से सुरेश राजे करैरा से प्रागीलाल जाटव बमोरी से कन्हैयालाल अग्रवाल अशोकनगर से आशा दोहरे अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजम को उम्मीदवार बनाया गया है वहीं सांची से मदनलाल चौघरी अहिरवार आगर से विपिन यानखेडे हाटपीपल्या से राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे साथ ही नेपा नगर से रामकिशन पटेल सांवेर से प्रेमचंद गुड्ड को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है बमोरी से उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं ये हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं सांवेर प्रत्याशी श्री गुड्ड सांसद भी रह चुके हैं

हालाकि चुनाव का अभी औपचारिक कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है कांग्रेस के पहले बसपा ने आठ प्रत्याशियों की सूची जारी की है

श्री चौहान आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन और अध्ययन करने आए केन्द्रीय अध्ययन दल के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे

केन्द्रीय दल उधर केंद्रीय दल ने आज रायसेन सीहोर और हरदा जिलों में अतिवृष्टि बाढ़ तथा कीट व्याधि से फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण किया इस दौरान दल ने रायसेन जिले के ग्राम मेढ़की पग्नेश्वर धोबाखेड़ी धनियाखेड़ी तथा मेहगांव में फसलों का निरीक्षण किया कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने भ्रमण दल को नुकसान की विस्तार से जानकारी दी वहीं हरदा जिले में भी केन्द्रीय दल द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो का दौरा किया इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल भी थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय और वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है

वहीं कोरोना काल में अन्य फीस यसूली पर लगाई गई रोक बरकरार रखी गई है मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष निजी स्कूलों की ओर से शपथपत्र पेश कर बताया गया कि उन्होंने महामारी की अवधि के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूली है

मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में प्रदेश में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में भर्ती होगी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नौकरी में मध्यप्रदेश के ही युवाओं की भर्ती की जायेगी

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने भोपाल में बताया कि ये खबरें निराधार और असत्य हैं उन्होंने कहा कि इंदौर या राज्य के किसी भी हिस्से में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर राज्य शासन की अनुमति के बगैर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय इस प्रबंधन को अपनाने वाला देश का पहला विश्वसिद्यालय बन गया है विश्वविद्यालय में गुणवत्ता लाने के लिए क्वालिटी फ्रेमवर्क का निर्माण होगा साथ ही गुणवत्ता के उच्चतम मापदण्डों को प्राप्त करने हेतु उचित यातावरण का निर्माण होगा इसके साथ ही विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया बेविनार पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा पोषण आहार आज के संदर्भ विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया कार्यक्रम में वरिष्ठ पोषण और आहार विशेषज्ञ अमिता सिंह ने कहा कि सही पोषण हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है और भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को शामिल कर हम मधुमेह उच्च रक्तचाप और थायराइड जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं वहीं दिल्ली से शामिल हुई वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार न्यूट्रीशन मीता ठाकुर ने कहा कि हमारे यहां पोषण को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है

इनमें सिवनीमंडला बालाघाट अनूपपुर बैतूल नरसिंहपुर छिंदयाड़ा हरदा बुरहानपुर खंडवा खरगोन बड़वानी अलीराजपुर झाबुआ और धार जिले शामिल है